प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक सौ पचास रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया इसके बाद अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से वर्ष दो हजार बाईस तक देश से एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक खत्म करने का आह्वान किया श्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है और हमे देश से इस तरह की प्लास्टिक खत्म करने का लक्ष्य हासिल करना होगा प्रधानमंत्री ने भारत को खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा की उन्होंने कहा कि विश्व इस वास्तविकता से चकित है कि भारत ने साठ महीनों में साठ करोड़ से अधिक लोगों के लिए ग्यारह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है श्री मोदी ने कहा कि केंद्र जल संरक्षण के उद्देश्य से महत्वकांक्षी जल जीवन मिशन पर तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है उन्होंने लोगों से जल स्रोतों को रिचार्ज करने और स्थानीय स्तर पर पानी को दोबारा उपयोग में लाने में सहयोग करने की अपील की इस कार्यक्रम में गुजरात के दस हजार लोगों सहित लगभग बीस हजार सरपंच शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर कल क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंद्रलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता द्रत का प्रस्कार प्रदान किया नई दिल्ली में इंडिया ट्रडे सफाईगिरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में देश में शुरु किया गया स्वच्छता अभियान वास्तविक रुप से एक जन आंदोल्न में बदल गया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक साफ सफाई के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक सफलता बिना जन भागीदारी के हासिल नहीं की जा सकती थी खोंसा वेस्ट विधानसभा सीट के उपचूनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था चुनाव ईक्कीस अक्टूबर को होगा चार में से दो उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद अब मुकाबला श्रीमती चाकत आबोह और श्री अजित होमटोक के बीच होगा चुनाव में सभी प्रतियोगि स्वतंत्र उम्मीदवार है किसी भी राजनीतिक दलों ने उपच्नाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं पिछले हफ्ते एक संयुक्त प्रेस वार्ता में सत्तारुढ़ भाजपा और कांग्रेस सहित राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों ने सर्वसम्मति से श्रीमती अबोह को अपना समर्थन दिया था चाकत अबोह एन पी पी नेता और सीट से विधायक स्वर्गीय तिरोंग अबोह की पत्नी है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भारतीया स्टॆट बैंक परिसर में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान कास्टमर आउटरीच प्रोग्राम आयोजित कर रहे है इस दो दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ के बारे में जानकारी और सेवाएं प्रदान की जा रही है इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारतीय स्टॆट बैंक के डिब्रगढ़ रीजन के मैनेजर अभय प्रकाश ने उद्यमियों के लिए पीएम मुद्रा योजना पर्सनल लोन कृषि लोन होम लोन कार लोन और बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा परिसर में गांधी जयंती के अवसर पौधारोपण और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और हरित एवं स्वच्छ अरुणाचल के लिए टीम अरुणाचल की भावना से कार्य करने की शपथ ली लोअर दिवांग वैली जिले के रोइंग में गांधी जयंती के अवसर पर जिला उपायुक्त मिताली नामचुम के नेतृत्व में गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सभी विभागीय प्रमुखों गैर सरकारी संगठनों छात्रों और शिक्षकों ने क्लीन रोइंग और मिशन प्लास्टिक फ्री अभियान में हिस्सा लिया इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व दो हजार उन्नीस कल शाम शुरु हुआ यह पर्व तेरह अक्टूबर तक चलेगा इस पर्व का उद्देश्य के संदेश का प्रचार और प्रसार करना है ताकि लोग देश के पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहित हो सके और सभी के लिए पर्यटन का संदेश फैला सकें